प्रदेशभर में सुबह से चल रहे मतदान में लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं किन्नौर से हमारे प्रतिनिधी ने बताया की जिले में सुबह सात बजे से ही लोग काफी संख्या में पहुंचकर मतदान कर रहें हैं

जिला प्रशासन ने उनके स्वागत में रैड कारपैट बिछाई है मंडी से हमारे प्रतिनिधी ने बताया है कि जिले में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और लोग सुबह से ही लम्बी लम्बी कतारों में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं भाजपा नेता व राज्य सरकार में सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत रिछली मतदान केंद्र पर वोट डाला वहीं मंडी जिले से भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा ने जोगिन्द्रनगर के जलपेहड़ में कुछ देर पहले अपना वोट डाला कुल्लू से हमारे प्रतिनिधी के अनुसार जिले में मतदान सुबह से ही शांतिपूर्ण व सुचारू रूप से चल रहा है जबकि एक पोलिंग बूथ गर्ल्ज आईटीआई में ईवीएम मशीन के खराब होने के चलते मतदान देरी से शुरू हुआ

लाहौल स्पिति से हमारे प्रतिनिधी ने बताया कि मतदान की प्रकिया सुबह सात बजे शुरू हो गई है जबकि एक महिला संचालित मतदान केद्र जिस्पा में ईवीएम मशीन खराब होने के कारण मतदान देरी से शुरू हुआ और एक अन्य मतदान केंद्र बरगुल में भी ईवीएम मशीन खराब होने के चलते मतदान देरी से श्रू हुआ सिरमौर से हमारे प्रतिनिधी के अनुसार जिले के बनौर मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन खराब होने के चलते मतदान साढ़े आठ बजे तक भी शुरू नहीं हो पाया ईधर शिमला के सभी मतदान केंद्रो पर भी मतदान सुबह सात बजे से चल रहा है सोलन से हमारे प्रतिनिधी के अनुसार पूंज बिला स्कूल में ईवीएम मशीन के खराब होने से मतदान करीब एक घंटे बाद शुरू हुआ वहीं नगर परिषद सोलन में भी अब से कुछ देर पहले ही मतदान शुरू हो पाया भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी बढ़ चढ़ कर भाग ले वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी प्रदेश के मतदाताओ से अधिक से अधिक संख्या में मतदान की अपील की है

इन आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति संस्था अथवा संगठन जिले में किसी भी तरह के हथियार को साथ नहीं रख सकेगा सुरक्षा बलों समेत अधिकृत सुरक्षा कर्मियों को इन आदेशों में छूट रहेगी अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मतदान से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है आज करें मतदान बढ़ाएं देवभूमि का मान

डेमोकेसी हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है प्रत्येक मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में अवश्य मतदान करें वहीं अखबार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है लोकतंत्र के पर्व में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें आपका फैसला की एक खबर है शिक्षा नियामक आयोग के चेरयमैन केके कटोच को क्लीन चिट मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है राजधानी शिमला में रिमझिम बरसे बादल